श्री मोदी देशभर की स्वसहायता समूहों के साथ जुड़ी हई महिलाओं से चर्चा करेंगे जिसमें बड़वानी की सुधा बघेल और सागर की रेवती चौर्बे शामिल हैं इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और एनआईसी के माध्यम से किया जायेगा

आयोग ने नये सीईओ की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से पैनल मांगा था इसी आधार पर कल देर शाम श्री कांताराव के नाम की घोषणा की गई

आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगा कोई भी अधिकारी तीन साल से ज्यादा समय तक एक पद पर नहीं रह सकता इसी के चलते सलीना सिंह को हटाया गया है

संबल योजना प्रदेश में आज ऊर्जा विकास पर्व मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाजापुर जिले के कालापीपल में आयोजित बीमा दावा राशि प्रमाण पत्र वितरण समारोह में एक सौ सत्रह करोड़ रूपये से अधिक लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ दिये वहीं श्री चौहान रतलाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे वे जावरा से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित करेंगे जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल होंगे उन्होंने कहा कि ग्यारह जुलाई के बाद बिजली बिल माफी और पंजीयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जनसंख्या दिवस प्रदेश में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर नागरिकों को सीमित परिवार के फायदे समझाने और परिवार नियोजन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं प्रदेश में चौबीस जुलाई तक जागरूकता पखवाड़ा भी मनाया जायेगा पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ दी जायेंगी भारत सरकार ने कुल प्रजनन दर तीन या तीन से अधिक वाले प्रदेश के पच्चीस जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है वहीं जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम हो रहे हैं

जिसमें दो हजार से अधिक हितग्राहियों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है

अपने प्रवास के दौरान श्री गेहलोत आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में विद्युत मंडल द्वारा आयोजित बिजली बिल माफी प्रमाण पत्रों का वितरण कार्यक्रम में शामिल होगें वहीं नागदा में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे नेशनल कॉन्क्लेव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में तेरह जुलाई को चौथा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन किया जायेगा इसका श्भारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले बाईस राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी जायेगी कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाधाओं का निराकरण करवाना है इस अवसर पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे

इसमें मरीजों को आपरेशन सहित आईसीयू पीआईसीयू और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज की सुविधा होगी